अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा नकुलनाथ के लिये करेंगे प्रचार

इस चरण में महाराष्ट्र की सत्रह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की आठ ओडिशा और मध्य प्रदेश की छह छह बिहार की पांच और झारखण्ड की तीन सीटों पर मतदान होगा इस चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट के कुलगाम जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर भी वोट डाले जाएंगे

इस चरण का चुनाव प्रचार जोरो पर है प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है आतंकवाद से द्रढ़ता से निपटने के लिए अपनी पार्टी के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने विपक्ष की इस बात के लिए आलोचना की कि आतंक से निपटने के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है आज उत्तर प्रदेश के बांदा में एक रैली में मोदी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को गुमराह कर रही हैं वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने न्यूनतम आय गारंटी योजना न्याय के बारे में जाने माने अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया है उन्होंने राजस्थान के अजमेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से गरीबों मजदूरों और छोटे व्यापारियों का पैसा छीना गया कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन सबकों न्याय योजना से लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा के पक्ष में चुनावी सभा की वहीं गुना शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी के कई गांव में सभा यें ली और कर्ज माफी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा मुख्यमंत्री कमलनाथ कल हरदा के खिरकिया में जनसभा को संबोधित करेंगे दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी प्रचार में जुट गये हैं वहीं प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी कल जबलपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे

पर्चा दाखिल लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं

यह सीटें है इंदौर उज्जैन देवास धार मंदसौर रतलाम खरगौन और खण्डवा यहां अधिसुचना जारी होने के बाद से ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है

मंदसौर से कांग्रेस प्रत्याशी मिनाक्षी नटराजन ने आज दोपहर बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं उज्जैन से भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने भी आज नामांकन भरा लोस नामांकन लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिये नामांकन प्रक्रिया में कल नाम वापसी का अंतिम दिन है

कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

प्रदेश में चुनाव प्रशिक्षण के साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार के निर्देश पर महिला मतदाताओं के लिये यहां व्यंजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और भोपाल आईजी जयदीप प्रसाद ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की सीहोर कलेक्टर ने जिले में चल रही चुनावी तैयारियों से संभागायुक्त को अवगत कराया अशोकनागर में आज लोक सभा निर्वाचन के लिये नियुक्त प्रेक्षक ने जिला स्तरीय एमसीएमसीकक्ष का निरीक्षण किया गया रबी ऊपार्जन लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले कटनी में रबी उपार्जन की प्रक्रिया शिथिल किये जाने का निर्णय लिया गया है

दीक्षांत समारोह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नए मेडिकल स्नातकों से अपने करियर में उत्थान के दौरान गरीबों के इलाज में दयापूर्वक काम करने को कहा है आज कर्नाटक के बेलगावी में केएलई मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि चिकित्सा एक महान पेशा है जिसे व्यवसायिक आचरण द्वारा खराब नहीं किया जाना चाहिए श्री नायडू ने नए स्नातकों से स्वयं को गरीबों की सेव में समर्पित करने को कहा बैडमिटन पी वी सिंधु और समीर वर्मा चीन के वुहान में एशिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में महिला और पुरूष सिंगल्स के क्वामर्टर फाइनल में पहुंच गये हैं

अगले दौर में अब सिंधु का मुकाबला चीन की काई यानयान से होगा पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा ने हांगकांग के का लोंग अंगस को पराजित किया मिक्स्ड डबल्स में वेंकट प्रसाद और जूही देवांगन तथा करिश्मा वाडकर और उत्कर्ष अरोड़ा की जोड़ियां हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं मौसम प्रदेश में गर्मी के तेवर फिर से तीखे होने लगे हैं आज प्रदेश का सबसे गर्म शहर खरगौन रहा

मौसम विभाग ने कल इंदौर सागरग्वालियर उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है